प्रदेश में अब अविवाहित महिलाओं को मिलेगी पेंशन राज्य उपभोक्ता हेल्पलाईन शुरू घर बैठे होगा शिकायतों का समाधान

कार्यकर्ता महाकुंभ भारतीय जनता पार्टी कल भोपाल में आयोजित कार्यकर्ता महाकुंभ से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की मौजूदगी में मध्यप्रदेश विधानसभा चूनाव अभियान का आगाज करेगी भाजपा ने कार्यकर्ता महाकुंभ में करीब दस लाख कार्यकर्ताओ के शामिल होने की दावा किया है पार्टी द्वारा महाकुंभ स्थल पर सरकार की उपलब्धियों को लेकर कई प्रदर्शनियां लगाई गई हैं पार्टी सूत्रों के अनुसार महाकुंभ में प्रदेशभर से कार्यकर्ताओं के आगमन के लिये पार्टी ने विशेष बसों और ट्रेनों की भी व्यवस्था की है भोपाल में हो रहे इस महाकुंभ को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये गये हैं राजधानी के चप्पे चप्पे पर पुलिस जवानों की तैनाती की गई है वहीं आयोजन स्थल भेल के विभिन्न क्षेत्रों में भी जगह जगह वाहनों की चेकिंग की जा रही है राजनाथ सिंह केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि केन्द्र और राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाकर जनता से जुड़े अहम मुद्दों को हल करने की दिशा में क्षेत्रीय परिषदों की महत्वपूर्ण भूमिका है

बैठक में मध्यप्रदेश सहित चार राज्यों के वरिष्ठ मंत्रियों के अलावा केन्द्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने हिस्सा लिया कैबिनेट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में आज भोपाल में आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये राज्य सरकार के प्रवक्ता डॉ नरोत्तम मिश्र ने बताया कि अविवाहित महिला पेंशन योजना को बैठक में मंजूरी दी गई

इसके अलावा मेट्रो प्रोजेक्ट पर चर्चा हई और मेट्रो के लिये नये पद सुजन करने को मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने धार्भिक न्यास और धर्मस्व विभाग के अन्तर्गत प्रदेश में मठ मंदिरों की व्यवस्था और अधिक बेहतर करने और प्रजारियों के कल्याण के लिये कोष स्थापित करने का निर्णय भी लिया इसके अलावा लोगों से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णयों को भी मंजूरी दी गई चुनाव आयोग आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्य निर्वाचन अधिकारी वीएल कांताराव ने आज भोपाल में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने का काम पूरा हो गया है

वहीं अप्रवासी भारतीयों के पांच आवेदन आये हैं सबसे ज्यादा नाम जुड़वाने के लिये इंदौर से आवेदन आये हैं उन्होंने कहा कि सम्पत्ति विरूपण अधिनियम को लेकर अधिकारियों को विशेष रूप से निर्देशित करेंगे

श्री मोदी ने एक ट्वीट में लोगों से नरेन्द्र मोदी एप और माईजीओवी के ओपन फोरम पर अपने विचार और सुझाव साझा करने का आग्रह किया है मुख्यमंत्री निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश में स्वीकृत पेयजल योजनाओं के कार्यो की सतत निगरानी किये जाने के निर्देश दिये हैं

बैठक में बताया गया कि कृल चार हजार पांच सौ बारह करोड़ रूपये लागत की नो योजनाए स्वीकृत हैं इनमें से पांचे निर्माणाधीन हैं और शेष चार परियोजनाए निविदा प्रकिया में हैं

इसका शुभारंभ राज्य के खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण मंत्री ओमप्रकाश धुर्वे ने किया

उपभोक्ताओं को यह सेवा निःशुल्क प्रदान की जायेगी खाद्य विभाग द्वारा संचालित इस हेल्पलाईन के पहले चरण में ऑटो मोबाइल बैंकिंग दवाएं घरेलू उपकरण बिजली नापतोल चिकित्सा सेवाएं विमानन गैर बैंकिग वित्तिय कम्पनी डाक पैट्रोलियम पदार्थ रियल स्टेट और दूरसंचार क्षेत्र चयनित किये गये हैं

पुरस्कार जीवन सुगमता सूचकांक में मध्यप्रदेश को तीसरा स्थान मिला है वहीं आंध्र प्रदेश पहले और ओडिशा दूसरे स्थान पर रहे तीनों ही राज्यों को आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय प्रसार कार्यशाला में पुरस्कृत किया गया केन्द्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिह पुरी ने पुरस्कारों का वितरण करते हुए कहा कि इस सूचकांक के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में सुगमतापूर्ण जीवन को समझा जा सकता है

परिणाम जनजातीय कार्य विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगा योजना के अन्तर्गत लाभांवित होने के लिये परीक्षा में चार हजार से अधिक विद्यार्थी शामिल हुए थे

यह कोचिंग भोपाल इंदौर जबलपुर और ग्वालियर में दी जायेगी मौसम मौसम में आये बदलाव के चलते प्रदेश में पिछले चौबीस घंटों के दौरान कई स्थानों पर बारिश होने से जनजीवन प्रभावित हुआ प्रदेश के उज्जैन इंदौर संभागों में अनेक स्थानों पर और शेष संभागों में कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई सबसे अधिक वर्षा नो सेन्टीमीटर जावद में दर्ज की गई मौसम विज्ञान केन्द्र भोपाल के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बने चकवात के चलते प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में अति दबाव का क्षेत्र बनने से अनेक क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश हुई विभाग ने अगले चौबीस घंटों के दौरान ग्वालियर चंबल और उज्जैन संभाग में कहीं कहीं बारिश की सम्भावना जताई है इसके अलावा राज्य के कुछ हिस्सों में भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती है राजधानी भोपाल में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाये रहने और कहीं कहीं गरज चमक की स्थिति बनने की संभावना है श्राद्व पक्ष पूर्वजों की आत्मशांति के लिये किये जाने वाला सोलह दिवसीय श्राद्व पक्ष आज से शुरू हो गया है लोगों ने प्रमुख नदियों के घांटो पर अपने पूर्वजों की आत्मशांति के लिये तर्पण किया घाटों पर प्रशासने द्वारा सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये गये थे वहीं आज से सोलह दिवसीय लोकोत्सव पर्व संजा उत्साह के साथ मनाया जा रहा है संजा पर्व युवतियों द्वारा अच्छा वर और घर पाने की कामना से मनाया जाता है

इसमें मतदाताओं को ईवीएम एवं वीवीपैट मशीन के बारे में जागरूक किया जाएगा